इस अभियान का उददेश्य लोगों को देश की बहुरंगी संस्कृति से परिचित कराना है इसी उद्देश्य से सरकार ने राज्यों के जोर्डे बनाये है जो एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहे है राजस्थान के साथ उत्तर पूर्वी राज्य असम को जोडीदार बनाया गया है

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ये हनर हाट कारीगरों की स्वदेशी परंपरा के सशक्तीकरण का एक बड़ा अभियान सिद्ध हुआ है

ये दिन रेडियो के महत्व के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय रेडियो और विविधता है

विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिशेखर वेम्पत्ति ने कहा है कि लोगों के जीवन में रेडियो ने एक खास जगह बनाई है और आज भी देश के कई भागों में रेडियो ही सूचना का मुख्य माध्यम है

श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजने को कहा है

चार गंभीर घायलों को जयपुर रैफर किया गया है